प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हुई

और पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश

बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर एनडीए में चल रही खींचतान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है पार्टी ने चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है लोजपा संसदीय दल की दिल्ली में आज हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है बैठक में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया कि पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक ने कहा कि जदयू से वैचारिक मतभेद के कारण पार्टी गठबंधन से अलग हो रही है उन्होंने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन है और उसके साथ कोई मतभेद नहीं है श्री खालिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद पार्टी के विधायक भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास योजनाओं में सहयोग देंगे इधर लोजपा के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर जदयू ने कहा है कि चुनाव परिणाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा ने उन्हें चुनाव में गठबंधन का नेता चुना है श्री चौधरी ने कहा कि पूर्व के चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव में दोनों गठबंधन बेहतर रिजल्ट देंगे इधर एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में जारी है भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जदयू के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कल तय हुये फार्मूले पर बैठक के बाद कोई अंतिम फैसला आने की सम्भावना है बैठक में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं इससे पहले आज दोपहर भाजपा की केन्द्रीय समिति की भी बैठक हुई जिसमें सीटों पर तालमेल को लेकर चर्चा की गयी वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनावी रूपरेखा के संबंध में पार्टी की पटना में अहम बैठक आयोजित की गयी बैठक में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह और ललन सिंह सहित अन्य नेता शामिल हुये महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद वाम दलों ने अपने कोटे की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपने छह उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने बेगूसराय के बखरी से सूर्यकांत पासवान तेघड़ा से राम रतन सिंह और बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया है मधुबनी के हरलाखी से रामनरेश पांडेय और झंझारपुर से रामनारायण यादव तथा पूर्णियां के रूपौली से विकास चंद्र मंडल को उम्मीदवार घोषित किया गया है वहीं सीपीएम ने भी महागठबंधन कोटे से प्राप्त चार विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने समस्तीपूर के विभूतिपूर से अजय कुमार सारण के मांझी से सत्येन्द्र यादव बेगूसराय के मटिहानी से राजेन्द्र प्रसाद सिंह और पूर्वी चम्पारण के पिपरा से राजमंगल प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ नये गठबंधन की सम्भावना व्यक्त की है श्री सहनी ने आज पटना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अगर इन दोनों पार्टियों के साथ सहमति नहीं बनती है तो विकासशील इंसान पार्टी सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी उल्लेखनीय है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद नाराज मुकेश सहनी ने कल इस गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी विधानसभा की दो सौ तैंतालीस में से इकहत्तर सीट पर प्रथम चरण में अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए सात प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन पत्र दाखिल किया राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार विधानसभा की पांच सीट के लिए सात उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है पटना जिले के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से दो उम्मीदवारों ने जबकि अमरपुर दिनारा डेहरी और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है प्रथम चरण के चूनाव वाले क्षेत्र के लिए प्रत्याशी आठ अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच नौ अक्टूबर को होगी और बारह अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय राजस्व सेवा की पूर्व अधिकारी मधु महाजन और बी आर बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विशेष व्यय पर्यवेक्षक बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की सलाह से चुनावी प्रक्रिया के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगे ये दोनों अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में सी विजिल वोटर हेल्प लाइन एक नौ पांच शून्य के जरिये मिली शिकायतों के संबंध में सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ये शिकायतें मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी शराब और अन्य मुफ्त वस्तुएं बांटने के संबंध में हो सकती हैं अन्तर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गयी हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह ने भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख सहित कई अन्य नेता भी उपस्थित थे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बाद अब तक एक करोड़ बासठ लाख रूपये से अधिक नकद राशि जब्त की गयी है जिसमें ग्यारह हजार नेपाली रूपये भी शामिल हैं समस्तीपुर जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी देवव्रत मिश्रा कोरोना से संक्रमित पाये गये हैं उनके स्थान पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सोमनाथ सिंह को प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसानों को इस बार पहले से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्याज आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और पसंदीदा खरीदार को बेच सकते हैं बाईट ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेंचे या बाहर बेंचे ये किसान का च्वाइस होगा या अनुबद्ध करें जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान को मिला है ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है ये देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है श्री जावड़ेकर ने किसानों से अपील की कि वे नये कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति के झांसे में न आएं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है श्री जावड़ेकर ने ध्यान दिलाया कि इन्हें कृषि सुधारों को कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था केन्द्र सरकार ने आज कहा है कि इकतालीस हजार से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद की ऐवज में लगभग एक हजार बयासी करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस खरीफ मौसम में पांच लाख तिहत्तर हजार टन से ज्यादा धान की खरीद की गयी है वर्ष दो हजर बीस इक्कीस की धान की खरीद सभी राज्यों में शुरू की जा चुकी है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ इकसठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख सतासी हजार नौ सौ इक्यावन हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ पैंसठ मामलों की प्रष्टि हुई है अररिया में सड़सठ मुजफ्फरपुर में चौंसठ रोहतास में उनसठ और पूर्वी चम्पारण में बावन मामले दर्ज किये गये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस से एक हजार तीन सौ चौदह मरीज ठीक हये हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख पचहत्तर हजार एक सौ नौ हो गयी है अब तक तिरानवे प्रतिशत से अधिक मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चूकी है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार नौ सौ छब्बीस है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बेहतर हुई है अब तक पचपन लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है पिछले चौबीस घंटों में बयासी हजार से अधिक मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए हैं संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बढ़कर चौरासी प्रतिशत से अधिक हो गई है सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की दर छह गूणा अधिक है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढ़ना होगा उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की है अपने साप्ताहिक संवाद में आज उन्होंने भावी उपायों की जानकारी दी डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समयसीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे दौर में है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का परीक्षण प्ररा होते ही तुरंत प्रतिरोधन की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का आकलन किया जाएगा भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबन के साथ साफ रखें साबन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम में बदलाव आया है राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज गरज के साथ अच्छी बारिश हुई है पटना में सबसे अधिक अस्सी मिलीमीटर कमतौल में सत्तर मिलीमीटर नौहट्टा में पचास मिलीमीटर और कटिहार दिनारा तथा उदाकिशुनगंज में चालीस चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है इधर कृषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को धान और रबी फसल के लिये लाभदायक बताया है नालंदा जिले में अलग अलग घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी इधर पश्चिम चम्पारण जिले के गौनाहा प्रखंड के पीपरिया गांव में करंट की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी शेखपुरा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान चौवालीस कार्टन देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अरवल जिले में रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के सुखी बीघा मोड़ के पास से पुलिस ने दो युवकों को एक पिस्तौल और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है इधर भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के बसनपुर गांव से पुलिस ने हथियार के साथ कुख्यात अपराधी लड्डू यादव को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिला पुलिस ने मुफस्सील और असरगंज थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर छापामार कर चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने बारह अवैध हथियार बरामद किये हैं

प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हुई

और पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश